प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी एप पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आज केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद के दौरान ये बात कही प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारतीय जन औषधि परियोजना दिल के ऑपरेशन के लिये रियायती स्टेंट डायलिसिस और घुटना प्रतिरोपण के लाभार्थियों से बातचीत की

घूटना प्रत्यारोपण को संस्ता किया गया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना शुरू कर गुर्दे के रोगियों को लाभन्वित किया गया है

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बताया कि इस निधि का इस्तेमाल देश के बड़े हिस्से में भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जायेगा योजना के तहत सामुदायिक सहयोग से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जायेगा

योजना के प्रस्तावों को वित्तीय व्यय समिति से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए पेश किया जायेगा अटल भूजल योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है

नई दिल्ली में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के तौर तरीकों पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की शिकायतों के लिये एक ऑनलाइन केंद्रीय प्रणाली स्थापित की जाएगी कार्यशाला में संबद्ध पक्षों के साइबर अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई इस दौरान बाल यौन शोषण दुष्कर्म और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उन्मूलन पर भी चर्चा की गयी

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन खडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वे इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेंगे इस मामले में अंतिम आदेश सुनवाई के बाद आयेगा

चिकित्सा परिषद ने अपने निरीक्षणों में इन कॉलेजों में बुनियादी ढांचे शिक्षकों और अन्य संसाधनों की कमियां पायी थीं

इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और इनकी समस्याएं सुनी श्रीमती राजे ने बामनवास विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यो का शिलान्यास और उदघाटन भी किया

आगामी महीनों में चार राज्यों मध्यप्रदेश मिजोरम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनावों को देखते हुए इन राज्यों के सीईओ चुनाव पूर्व तैयारियों की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त को देंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की अध्यक्षता में होने वाली कॉन्फ्रेंस में उन राज्यों के सीईओ भी उपस्थित रहकर अपना फीड बैक देंगे जहां हाल ही आम चुनाव सम्पन्न हुए हैं

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा झालावाड़ जिला मुख्यालय पर इसके तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया